आज नई दिल्ली में श्री जावडेकर ने केंद्रीय कैबिनेट के फैसलों के बारे में पत्रकारो को जानकारी दी

जबकि निजी अस्पतालों में टीका लगवाने वालों को शुल्क देना होगा केंद्रीय मंत्री ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग शुल्क की घोषणा अगले दो से तीन दिनों में करेगा

इसका सारा खर्चा केंद्र सरकार ने उठाया है

उन्होंने कहा कि सीमांत क्षेत्र मलारी में आईटीबीपी के जवानों के टीकाकरण के लिए शेड्यूल तैयार किया जाए जिलाधिकारी ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ कोविड वैक्सीनेशन कार्यों की समीक्षा की उन्होंने कहा कि सीमांत क्षेत्र में आईटीबीपी जवानों के टीकाकरण के लिए स्वास्थ्य विभाग को आवश्यकता के अनुसार वाहनों की सुविधा भी मुहैया करायी जाएगी जिलाधिकारी ने निर्धारित तिथि तक सभी फ्रंटलाइन वर्करों का टीकाकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए बैठक में एसीएमओ डॉ उमा रावत ने बताया कि हेल्थ वर्कर के वैक्सीनेशन में चमोली जिला पुरे राज्य में पहले स्थान पर रहा है

बैठक में जिलाधिकारी ने नेशनल डिवर्मिंग डे को लेकर भी स्वास्थ्य विभाग को दिशा निर्देश जारी किए पीएम सीएम मलाकात म्ख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चमोली जिले के जोशीमठ क्षेत्र में आई आपदा से हए न्कसान के साथ ही सर्च रेस्क्यू ऑपरेशन और राहत कार्यो के बारे में जानकारी दी म्ख्यमंत्री ने बताया कि ऋषिगंगा के म्हाने पर अस्थायी रूप से बनी झील की वैज्ञानिकों द्वारा निरंतर निगरानी की जा रही है झील से निकासी को और बेहतर बनाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं उन्होंने कहा कि राज्य में उत्तराखण्ड हिमनद एवं जल संसाधन केंद्र बनाए जाने की आवश्यकता है मुख्यमंत्री ने आपदा में तत्काल सहायता के लिए प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार का आभार जताया उन्होंने प्रधानमंत्री को कुम्भ मेले के साथ ही बदरीनाथ और केदारनाथ धाम के प्नर्निर्माण कार्यों की भी विस्तार से जानकारी दी महिला कमांडो फोर्स मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा है कि उत्तराखण्ड पुलिस के दस्ते में महिला कमाण्डो का दस्ता जुड़ गया है उत्तराखण्ड देश का चौथा राज्य बन गया है जहां प्लिस विभाग में महिला कमाण्डो का दस्ता तैयार किया गया है मुख्यमंत्री ने देहरादनू में राज्य की महिला कमाण्डो फोर्स और स्मार्ट चीता प्लिस का श्भारम्भ किया इस अवसर पर उन्होंने कहा कि महिला प्लिस कमाण्डो को बेहतर प्रशिक्षण दिया गया उन्होंने स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ने वाली बेटियों को भी प्रारम्भिक आत्म स्रक्षा के ग्र सिखाने पर जोर दिया

इस अवसर पर उन्होंने चमोली जिले में आपदा के दौरान दिवंगत दो प्लिसकर्मियों को श्रद्धांजलि दी

नरेंद्र मोदी स्टेडियम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज अहमदाबाद के मोटेरा में विश्व के सबसे बड़े नरेन्द्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम का उदघाटन किया राष्ट्रपति ने नव निर्मित क्रिकेट स्टेडियम में सरदार वल्लभ भाई पटेल स्पोर्टस एन्क्लेव की आधारशिला भी रखी इस अवसर पर केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने घोषणा की कि विश्व का सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम को नरेन्द्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम के नाम से जाना जायेगा

खिलौना मेला देश को खिलौना निर्माण का केन्द्र बनाने और आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत वैश्विक बाजार में इसकी उपस्थिति को बढ़ाने के उददेश्य से राष्ट्रीय खिलौना मेले का वर्च्अल आयोजन किया जा रहा है

अपनी तरह के इस पहले प्रयास का उददेश्य भारतीय खिलौना उदयोग के सभी संबंधित पक्षों को एक मंच पर लाना है केंदीय मंत्री सीएम रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि देश की सीमाओं की रक्षा में उतराखण्ड के जवानों का हमेशा बड़ा योगदान रहा है केन्द्र सरकार उत्तराखण्ड को हर सम्भव सहयोग दे रही है मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने नई दिल्ली में रक्षा मंत्री से भेंट की मुख्यमंत्री ने रक्षा मंत्री को देहरादन में प्रस्तावित कोस्ट गार्ड रिक्रटमेंट सेंटर की अदयतन स्थिति की जानकारी दी मुख्यमंत्री ने कहा कि गैरसैंण के निकट चौख्टिया में हवाई पट्टी बनाने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को प्रेषित किया गया है गैरसैंण के समीप होने के साथ ही सामरिक दृष्टि से भी इसका बहत महत्व है मुख्यमंत्री ने धारचूला से लिप्लेख तक सड़क सम्पर्क स्थापित कर मानसरोवर यात्रा के लिए लिंक रोड शुरू किए जाने पर रक्षा मंत्री का आभार व्यक्त किया मुख्यमंत्री ने केन्द्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल से भी मुलाकात की मुख्यमंत्री के अन्रोध पर रेल मंत्री ने टनकप्र बागेश्वर रेल लाईन के फाइनल लोकेशन सर्वे की स्वीकृति दी रेल मंत्री ने हरिद्वार रायवाला सेक्शन में वर्तमान सिंगल रेल लाईन के दोहरीकरण और देहरादुन ऋषिकेश के बीच सीधी रेल सेवा उपलब्ध कराने के लिए रायवाला स्टेशन से पहले डायवर्जन लाइन के निर्माण पर स्वीकृति देते हुए रेलवे के अधिकारियों को तत्काल आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिये केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि उत्तराखंड में स्विटजरलैण्ड की तर्ज पर रेलवे और रोप वे बनाने के लिए रेल मंत्रालय दवारा अध्ययन कराया जाएगा चमोली आपदा चमोली जिले की भीषण दैवीय आपदा में लापता व्यक्तियों को मृत घोषित करने के लिए प्रक्रिया जारी की गई है जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने बताया कि शासन से जारी गाइडलाइन के अन्सार लापता व्यक्तियों के मृत्य् प्रमाण पत्र के लिए प्रक्रिया निर्धारण के लिए उन्हें तीन श्रेणियों में वर्गीकृत करते हुए कार्रवाई की जाएगी

अगर निर्धारित तिथि तक कोई दावे और आपतियां नही मिलती तो मृत्य् प्रमाण पत्र निर्गत किया जाएगा वहीं आपदा प्रभावित क्षेत्रों में लापता व्यक्तियों की खोजबीन लगातार जारी है

प्रभावित क्षेत्रों में बिजली पानी और खाद्यान्न की आपूर्ति स्चारू है प्रभावित क्षेत्रों में फ्टओवर ब्रिज और ट्रॉलियों से आवगमन किया जा रहा है प्रभावित क्षेत्रों में वैलीब्रिज और लकड़ी के पैदल प्लों का निर्माण कार्य भी तेजी से कराया जा रहा है सेना भर्ती रैली रानीखेत में सेना की ओपन भर्ती रैली के दूसरे चरण में आज से अल्मोड़ा जिले के यूवाओं की भर्ती शुरू हो गई है

संयुक्त मजिस्ट्रेट अपूर्वा पांडेय ने कहा कि प्रशासन की ओर से भर्ती में आने वाले युवाओं के लिए रहने खाने की उचित व्यवस्था की गई है उन्हें फिट फ़ॉर रन का सार्टिफिकेट भी दिया जा रहा है सेना की तरफ से भी कोविड के नियमों को देखते हुए भर्ती कराई जा रही है